सभी पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता आज भी राज्य के चुनावी दौरे पर है केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने अलवर जोधपुर और पाली जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया बानसूर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश में भाजपा फिर सत्ता में आयेगी श्री सिंह ने कहा कि इस बार चुनावी जंग देश बनाने के लिये हो रही है इसी जनसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने कहा कि हमारी राजनीति जाति की राजनीति नहीं है हम विकास की राजनीति करते है भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज भी आज प्रदेश के चुनावी दौरे पर रही

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज प्रदेश के तूफानी चुनावी दौरे पर रही अलवर जिले के कठूमर में आयोजित एक जनसभा में श्रीमती राजे ने कहा कि पांच साल पहले जब उनको सत्ता मिली तब राजस्थान एक बीमारू प्रदेश था जिसे उनकी सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू करके प्रदेश को इस स्थिति से उबारा कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भी आज प्रदेश का दौरा किया पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कई जनसभाए की और भारतीय जनता पार्टी पर हमले जारी रखें चूरू जिले में आयोजित एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि भाजपा ने आमजन से किये कोई वायदे पूरे नहीं किये बल्कि माफिया को पनपाया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज कई जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया जयपुर जिले के जमवारामगढ में आयोजित सभा में श्री पायलट ने कहा कि यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो किसानों सहित समाज के हर वर्ग के लिये कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जायेगी

जालोर के आहोर और श्रीगंगानगर के सूरतगढ में आयोजित जनसभाओं में उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिये वोट मांगे

निर्वाचन विभाग ने निष्पक्ष शांतिपूर्ण और सुगम मतदान के लिए व्यापक इन्तजाम किए है

हनुमानगढ़ जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये गये है

इसके तहत लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता म्हारो संतरगी लोकतंत्र आयोजित की गई

यदि आज भारत मैच जीत जाता है तो वह क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लेगा

बेल्जियम विश्वकप की तीसरे नम्बर की टीम है जबकि भारत को पांचवे नम्बर की वरीयता मिली है बेल्जियम पिछले रियो ऑलम्पिक की रजत विजेता टीम भी है

इसलिये आज के मुकाबले में भारत को अच्छी रणनीति के साथ आकामक खेल दिखाना होगा